चौवालीस उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से पर्चा भरा

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद जमुई गया और नवादा संसदीय सीट के लिए कल वोट डाले जायेंगे इन संसदीय क्षेत्रों में तीन महिला उम्मीदवारों समेत कुल चौवालीस प्रत्याशी मैदान में हैं औरंगाबाद और जमुई से नौ नौ गया और नवादा से तेरह तेरह उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है इन चार संसदीय क्षेत्र में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है औरंगाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व विधान पार्षद् उपेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक विजय कुमार मांझी और सोम प्रकाश जैसे दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का भी निर्णय होगा वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जायेंगे नवादा विधानस क्षेत्र में आठ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जा रहा है गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को लेकर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तीन कंपनियों को तैनात किया गया है चुनाव आयोग ने कहा है कि गया औरंगाबाद नवादा और जमुई में मतदान के दिन दो हेलीकाप्टरों के जरिये पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी अर्द्वसैनिक बलों को सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करने के निर्देश दिये गये हैं चूनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की अवधी घटा दी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुटुम्बा रफीगंज गुरूआ इमामगंज और टिकारी विधानसभा क्षेत्रों में ग्यारह अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा वहीं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुबह के सात बजे से लेकर शाम के छह बजे तक वोट डाले जा सकेंगे गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शेरघाटी बाराचट्टी और बोधगया विधानसभा क्षेत्रों में सुबह के सात बजे से शाम के चार बजे तक जबकि गया टाउन बेलागंज और वजिरगंज में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा नवादा लोकसभा क्षेत्र के रजौली और गोविंदपुर में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक और बरबीघा हिसुआ नवादा और वारिसलीगंज में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जायेंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र के सिंकदरा जमुई झाझा चकाई और तारापुर में सुबह के सात बजे से शाम चार बजे तक जबकि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं पहले चरण के चूनाव के दिन ग्यारह अप्रैल को संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और प्रत्याशी शुक्रवार तक अपना नाम वापस ले सकते हैं इस चरण के तहत दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है चौथे चरण में पांच सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन पचपन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये उजियारपुर से पन्द्रह मुंगेर से तेरह बेगूसराय से बारह समस्तीपुर से नौ और दरभंगा से छह प्रत्याशियों ने पर्चे भरे चौथे चरण के लिए कल एक सौ छह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं चुनाव आयोग ने सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह का तबादला कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुड् को सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया है वहीं श्री सिंह को आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भागलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान पर आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे मूंगेर में नामांकन के दौरान बसपा उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया हिमांशु मोकामा के मोर गांव का निवासी है इसके खिलाफ बाढ़ कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था प्रदेश में सभी बहत्तर हजार सात सौ तेईस ब्रथों को तम्बाकू फ्री जोन घोषित किया गया है राज्य निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी बूथों पर फ्री जोन का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों को शीर्ष बीस अपराधियों की सूची भेजने का निर्देश जारी किया है इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक सुशील मानसिंह खोपड़े ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को तीन दिनों के भीतर सूची भेजने को कहा है सीबीआई ने बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया है जांच एजेंसी ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां चलाकर जमानत का दुरूपयोग कर सकते है मामले की अगली सुनवाई आज होगी लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना करेंगे श्रद्धालु कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन होगा इधर चैती छठ पर्व को देखते हुए गंगा समेत प्रदेश की विभिन्न नदियों और तालाबों पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर छठ घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गयी है इस दौरान गंगा और अन्य नदियों में बारह अप्रैल तक नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है घाटों पर पटाखा फोड़ने पर भी रोक रहेगी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चैती छठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्य के मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एम्स के कोटे से दाखिला लिये जाने के विरोध में आज भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है पीएमसीएच एनएमसीएच डीएमसीएच सहित राज्य के सभी अस्पतालों में जूनियर डाक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गयी है इधर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने इस हड़ताल को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि सोलह अन्य घायल हो गए हैं दरभंगा में चार समस्तीपुर में तीन और भोजपुर में एक व्यक्ति की मौत की खबर है कई स्थानों पर तेज हवा के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से रबी और गेहूँ की फसल के साथ लीची और आम की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के उत्तरी क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आंधी पानी की संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने पहले चरण के चुनाव से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है पहले चरण का प्रचार थमा बीस राज्यों की इक्यानवे सीटों पर वोटिंग कल मैदान में बारह सौ उनासी प्रत्याशी हिन्दुस्तान ने गया में राहुल गांधी की चुनावी सभा को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुये लिखा है दो हिन्दुस्तान नहीं बनने देंगे राहुल प्रभात खबर ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हये सूर्खी लगायाी है हमले में भाजपा विधायक की मौत चार जवान शहीद दैनिक जागरण ने प्रताड़ित महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है शीर्षक है प्रताड़ित महिला कहीं से दर्ज करा सकती केस

चौवालीस उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से पर्चा भरा